अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने दो दिवसीय भारत यात्रा के पहले दिन आज अहमदाबाद पहुंचे जहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया

अहमदाबाद में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेने के उपरांत श्री ट्रंप आज शाम ताज नगरी आगरा पहुंचे जहां पर राष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का दीदार किया श्री ट्रंप का आज सांय आगरा में भव्य स्वागत किया गया

हवाई अड़डे से ताजमहल पहुंचने तक रास्ते में विभिन्न जगहों पर कई हजार कलाकारों द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये गये इस अवसर पर राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी पत्नी मलानिया ट्रंप के साथ डायना बेंच पर अपनी तस्वीर खिंचवाई

राष्ट्रपति ने यहां विजिटर्स ब्रक पर टिप्पणी लिखी और हस्ताक्षर किये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

खेरिया एयरपोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ताजमहल पहुंचा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 बाद में डोनाल्ड ट्रंप आगरा से दिल्ली के किये रवाना हो गए सज्जन सागर आकाशवाणी समाचार आगरा आज सुबह अहमदाबाद पहुंचने के बाद राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने साबरमती आश्रम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वांजलि अर्पित की आश्रम में अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप और अमरीका की प्रथम महिला मेलानिया का हाथ से कते सूत की माला से स्वागत किया गया वहां राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी ने भारत के स्वाधीनता आंदोलन के प्रतीक चरखे पर सूत काता हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट साबरमती गांधी आश्रम की ऐतिहासिक मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मेदी ने राष्ट्रपति ट्रंप और अमरीका की प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप की अगुवाई की राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया ट्रंप ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम को बड़ी उत्सुकता से देखा राष्ट्रपति ट्रंप ने साबरमती गांधी आश्रम में महात्मा गांधी और कस्तूरबा जहां भारत के स्वतंत्रता के संग्राम के दौरान रहे थे वे हृदयकुंज में चरखा भी चलाया सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति ट्रंप को चरखा महात्मा गांधी के जीवन और समय पर दो पुस्तकें और राष्ट्रपिता का चित्र भेंट किया गया है राष्ट्रपति ट्रंप ने साबरमती गांधी आश्रम की विजिटर बुक में इस अदभूत यात्रा के लिए प्रधानमंत्री मोदी का धन्यवाद भी किया

साबरमती आश्रम तक और फिर मोटेरा स्टेडियम जाते समय भी कलाकार मार्ग में अपनी प्रस्त्रतियां पेश कर रहे थे एक लाख से ज्यादा लोगों ने रोडशो के दौरान हर्षघ्वनि से राष्ट्रपति ट्रंप का स्वागत किया विश्व के सबसे बड़े स्टेडियम मोटेरा स्टेडियम में आयोजित नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक लाख से ज्यादा लोगों को संबोधित किया इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि दोनों राष्ट्रों की लोकतांत्रिक परम्पराएं उनके मजबूत आपसी संबंधों का आधार है राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने भाषण के दौरान भारतीय लोगों के साथ निजी सम्पर्क साधने का प्रयास किया उन्होंने इस अवसर पर स्वामी विवेकानन्द का उद्घहरण करते हुए महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे महापुरूषों को याद किया श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री को अपना सबसे बड़ा मित्र बताया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच कल नइ दिल्ली में हैदराबाद हाऊस में प्रतिनिधिस्तर की बातचीत हों गी दोनों नेताओं की बातचीत में आपसी और क्षेत्रीय मुद्दों पर विस्तार से चर्चा होने की संभावना है जिनमें व्यापार और निवेश रक्षा और सुरक्षा आतंकवाद से मुकाबला ऊर्जा सुरक्षा और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति पर विशेष जोर रहने की आशा है दिल्ली में अमरीकी राष्ट्रपति के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं राष्ट्रपति ट्रंप कल स्वदेश रवाना होंगे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

हमारी श्रृंखला हर एक काम देश के नाम इसके तहत आज हम चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की आज इस योजना का एक वर्ष पूरा हो रहा है इसके तहत किसानों के बैंक खातों में प्रत्येक वर्ष दो दो हजार रुपये की तीन किस्ते चार महीने के अंतराल पर अतंरित की जाती हैं

केन्द्र सरकार पचास हजार आठ सौ पचास करोड रुपये से अधिक की राशि जारी कर चुकी है

अब किसानों को बीज खरीदने के लिए खाद खरीदने के लिए दवा खरीदने के लिए बिजली का बिल भरने के लिए खेती से जुड़ी ऐसी अनेक जरुरतों के लिए परेशान नहीं होना होगा केंद्र सरकार हर साल जो छह हजार रुपये सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगी हमारे संवाददाता ने बताया कि यह योजना केन्द्र सरकार के शत प्रतिशत सहयोग से केन्द्रीय क्षेत्र योजना के रूप में लागू की जा रही है

शुरूआत में इस योजना के तहत देश में दो हेक्टेयर तक की भूमि वाले सभी छोटे और मझोले किसानों की मदद का प्रावधान किया गया था लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ाकर सभी किसान परिवारों को इसमें शामिल किया गया हालांकि संपन्न किसानों को इस योजना के दायरे से बाहर रखा गया है

रियाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष प्रमुख क्रिस्टलिना जॉर्जेवा न कहा कि वायरस संक्रमण की वैश्विक स्वास्थ्य आपात स्थिति के कारण चीन में आर्थिक गतिविधियां बाधित हैं और इससे वैश्विक अर्थव्यवस्था के उबरने को लेकर आशंका पैदा हो गई है नीति आयोग की प्रमुख पहल अटल नवाचार मिशन से देशभर में नवाचार और उद्यमिता को काफी बढ़ावा मिला है

इस मिशन के तहत देशभर के स्कूलों में युवाओं में रचनात्मकता और कौशल को बढ़ावा देने के लिए अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं आकाशवाणी समाचार से बातचीत में अटल नवाचार मिशन के निदेशक रामनाथन रमनन ने कहा एक इको सिस्टम हम क्रिएट करना चाहते हैं इंडिया में थिंकर्स इंजीनियर साइंटिस्ट की कमी नहीं है और कभी नहीं थी लेकिन इनको ये इको सिस्टम एवेलेबल नहीं था तो जब वे विदेश जाते थे तो उनको ये अपोर्चुनिटी मिलता था और बड़े बड़े सीईओ बन गये हैं बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गये हैं लीडर्स बन गये हैं और यही पोटेंशियल हम कैसे इंडिया में टैप करें तो अटल इनोवेशन मिशन का यही मेन पर्पस है कि एक इनोवेटिव माइंडसेट क्रिएट करना हमारे यंग स्टुडेंट्स में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अन्तर्गत सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगातार विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक सम्पर्क ब्यूरो झांसी द्वारा झांसी के मऊरानीपुर में इस संबंध में एक ग्रामीण कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों और छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया इस अवसर पर देश के विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया कार्यक्रम में वक्ताओं और कलाकारों द्वारा एक राष्ट्र की अवधारणा पर बल दिया गया